मतदान उनतीस अप्रैल को

और प्रदेश में कई स्थानों पर लू जैसे हालात

लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के अन्तर्गत प्रदेश के पांच संसदीय क्षेत्रों दरभंगा उजियारपुर समस्तीपुर बेगूसराय और मुंगेर में उनतीस अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए प्रचार कार्य आज समाप्त हो गया विभिन्न दलों और संगठनों के बड़े नेताओं ने प्रचार के अंतिम दिन अपनी पूरी ताकत झोंक दी जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय उजियारपुर और समस्तीपुर में अलग अलग स्थानों पर चुनावी रैलियों को संबोधित किया श्री कमार ने अपने संबोधन में कहा कि देश को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए केन्द्र में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनना जरूरी है इस दौरान लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी भी उपस्थित थे दरभंगा में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एनडीए उम्मीदवार गोपालजी ठाकुर के समर्थन में रोड शो किया वहीं राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने मुंगेर उजियारपुर दरभंगा और जहानाबाद में अलग अलग च्रनावी सभाओं को संबोधित किया तेजस्वी यादव ने दरभंगा में महागठबंधन के उम्मीदवार अब्दूल बारी सिद्दिकी के समर्थन में राज मैदान से मेडिकल ग्राउंड तक रोड शो भी किया कांग्रेस नेता और अभिनेता राज बब्बर ने मूंगेर दरभंगा और पूर्वी चंपारण में चुनावी रैलियों को संबोधित किया उनके साथ पार्टी के प्रदेश प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भी मौजूद रहे पांचों संसदीय क्षेत्रों में प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशियों द्वारा रोड शो भी किया गया चौथे चरण में पांच लोकसभा क्षेत्रों में तीन महिला प्रत्याशी समेत कुल छियासठ उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं लगभग अठासी लाख मतदाता इस चरण में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे पांचों संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में कुल आठ हजार आठ सौ चौंतीस मतदान केन्द्र बनाये गये हैं सबसे अधिक बेगूसराय और मुंगेर में लगभग चार हजार मतदान केन्द्र बनाये गये हैं जिन पर केन्द्रीय अर्द्वसैनिक बलों की तैनाती की जायेगी अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि मतदान कर्मी और पुलिस बल संबंधित चुनाव वाले जिलों में पहुंच गये हैं इस चरण में चार हजार दो सौ बावन माईक्रो ऑब्जर्वर संवेदनशील ब्रथों पर पूरी चुनावी प्रक्रिया पर नजर रखेंगे स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी केन्द्रों पर चुनाव प्रक्रिया की विडीयोग्राफी और फोटोग्राफी करायी जायेगी एक सौ तीस मतदान केन्द्रों से चुनाव प्रक्रिया का वेब कास्टिंग के जरिये सीधा प्रसारण किया जायेगा समस्तीपुर के दियारा क्षेत्रों में नाव से गश्त की व्यवस्था की गयी है वहीं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए यहां एक हेलीकॉप्टर तैनात रहेगा पटना में एक एयर एम्ब्लेंस को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखा जायेगा पटना की एक निचली अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि के मामले में समन जारी कर जवाब मांगा है इस मामले की अगली सुनवाई बीस मई को होगी गौरतलब है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दायर किया है सुशील कुमार मोदी का आरोप है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ कर्नाटक में एक चुनावी सभा के दौरान अपत्तिजनक टिप्पणी की थी निगरानी जांच ब्यूरो ने विशेष अदालत में धोखाधड़ी जालसाजी गबन आपराधिक षड्यंत्र और सरकारी पद के द्रुपयोग के मामले में आज भारतीय प्रशासनिक सेवा के तीन अधिकारी समेत छह लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किये है तीन आईएएस अधिकारी जिनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है उनके नाम एस एम राजू के पी रमैया और रामाशीष पासवान है इन पर महादलित विकास योजना में फर्जी तरीके से दो करोड़ रूपये से अधिक की राशि के गबन का आरोप है पटना स्थित निगरानी जांच ब्यूरो की एक विशेष अदालत ने बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी की प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में जेल में बंद एक अभियुक्त का चुनाव लड़ने संबंधी अनुरोध खारिज कर दिया है जेल में बंद भोला उर्फ नीतेश ने लोकसभा चूनाव में नामांकन दायर करने के लिए अदालत से अनुमति मांगी थी कटिहार जिले की एक सत्र अदालत ने दो हजार सोलह के चर्चित सौरव अपहरण और हत्याकांड मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है गौरतलब है कि पचास लाख रूपये की फिरौती के लिए दोषियों ने दवा व्यवसायी के पुत्र सौरव का अपहरण कर लिया था बाद में दवा व्यवसायी के पुत्र की हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया गया था राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि और बिहार केसरी श्रीकृष्ण सिंह की कर्मभूमि बेगूसराय संसदीय क्षेत्र में इस बार मुकाबला काफी रोचक है हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट बाईट बेगूसराय का सियासी पारा इतना चढ़ा हुआ है कि देश और दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है कहने को तो यहां से दस उम्मीदवार अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं पर भाजपा के गिरिराज सिंह और राजद के तनवीर हसन के बीच होगा पिछली बार भी मुकाबला भाजपा के भोला सिंह और राजद के तनवीर हसन के बीच ही हआ था

इस्बारतनवीर को रालोसपाहम और वी आयी पी का साथ है तो गिरिराज को जदयू को राष्ट्रवाद और समाजिक न्याय की लड़ाई के बीच भाकपा ने भी जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को उतारकर लेनिनग्राड के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है

इसबार त्रिकोणात्मक लड़ाई की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता भाजपा अध्यक्ष अमित शाहजदयू अध्यक्ष नीतीश कुमारलोजपा प्रमुख रामबिलास पासवानराजद नेता तेजस्वी यादवहम अध्यक्ष जीतनराम मांझीरालोसपा प्रमुख उपेन्द्र क्शवाहामुकेश सहनी माकपा नेता सीताराम येचुरीभाकपा के सुधाकर रेड्डी फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी इत्यादि अपने अपने गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में सभा कर चुके हैं

प्रदेश भर में भीषण गर्मी का सिलसिला जारी है पिछले तीन दिनों से अधिकांश हिस्सों में लू जैसे हालात हैं रोहतास जिले का डेहरी आज प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा जहां का अधिकतम तापमान साढ़े तैंतालीस डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया पटना और गया का अधिकतम तापमान लगभग बयालीस डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मौसम विभाग ने अगले दो तीन दिनों तक पटना गया और नालंदा में अधिकतम तापमान इकतालीस डिग्री सेल्सियस के ऊपर बने रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है वहीं औरंगाबाद और डेहरी में अधिकतम तापमान चौवालीस डिग्री के आस पास पहुंचने का अलर्ट जारी किया गया है गर्म हवा के थपेड़ों के कारण जन जीवन पर असर देखा जा रहा है सड़क पर दोपहर के समय चहल पहल कम हो रही है मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वरिष्ठ वैज्ञानिक आंनद शंकर ने कहा कि अगले चार दिनों तक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा पूरवा हवा बहने के बावजूद वातावरण में नमी की मात्रा चालीस प्रतिशत तक बनी हुयी है जिस कारण लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है इधर गर्मी को देखते हुये राज्य सरकार ने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में परिवर्तन कर दिया है अब इन केंद्रों का संचालन सुबह सात बजे से दिन के ग्यारह बजे तक किया जायेगा पूर्व रेलवे के मालदा टाउन डिविजन में कई स्टेशनों पर नन इंटर लॉकिंग कार्य के चलते कई ट्रेनों का परिचालन कल से लेकर बारह मई तक रद्द रहेगा हावड़ा गया एक्सप्रेस सियालदह आनंद विहार एक्सप्रेस और सियालदह वाराणसी एक्सप्रेस का परिचालन इस अवधि में रद्द कर दिया गया है वहीं हावड़ा जयनगर पैसेंजर हावड़ा राजगीर पैसेंजर और साहेबगंज भागलपुर पैसेंजर अप डाउन का परिचालन भी रद्द कर दिया गया है इधर दानापुर साहेबगंज इंटरसिटी एक्सप्रेस का परिचालन सुल्तानगंज स्टेशन तक ही होगा नालंदा मधूबनी और गोपालगंज जिले में अलग अलग सड़क हादसों में सात लोगों की मौत हो गयी जबकि पांच अन्य गम्भीर रूप से घायल हो गये कटिहार जिले के रौतारा थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने दिनदहाड़े अमित चौबे नामक एक युवक की गोली मार कर हत्या कर दी मृतक का पुराना आपराधिक इतिहास बताया जाता है अरवल जिले के करपी थाना क्षेत्र के नदी गांव से पुलिस ने एक युवक को एक पिस्तौल और छह कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है

मतदान उनतीस अप्रैल को

और प्रदेश में कई स्थानों पर लू जैसे हालात